न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को अंतरिम सहायता के रूप में पचीस लाख रूपये की धनराशि प्रदान करे प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पीडिता और उसके वकील को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराये जाने की लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरो की रिपोर्ट मिलने के बाद दिया है पीड़िता और उसके वकील का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है उन्नाव दृष्कर्म मामले में शामिल है उन्नीस वर्षीय लड़की के साथ दष्कर्म पीडिता के पिता की हिरासत में मौत और दृष्कर्म के सप्ताह बाद पीडिता द्वारा भाजपा विधायक कलदीप सेंगर का नाम लेना इससे पहले एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि वे सड़क दर्घटना की जांच सात दिन में पूरी करें न्यायालय ने सीबीआई के एक जिम्मेदार अधिकारी को बुलाकर इस मामले में अब तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी सीबीआई के संयुक्त निदेशक सपत मीना इस मामले में न्यायालय के समक्ष पेश हुए इससे पहले न्यायालय ने पीडिता द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय के महासचिव से पूछा था कि सत्रह जुलाई को पीड़िता द्वारा लिखे पत्र को अब तक पीठ के समक्ष क्यों नहीं पेश किया गया उधर भारतीय जनता पार्टी ने आज मामले के आरोपी विधायक कलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि विधायक को पहले ही निलम्बित कर दिया गया था और अब उसे पार्टी से निकाल दिया गया है इस बीच अट्ठाईस जूलाई को रायबरेली में हुई सड़क द्र्घटना मामले में दो महिला पुलिसकर्मियों सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है ये समी पुलिसकर्मी उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता की सुरक्षा के लिए तैनात किये गये थे उन्नाव जिले के पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए आज निलम्बित कर दिया है दूर्घटना के समय ये तीनों पुलिसकर्मी दृष्कर्म पीडिंता के साथ नहीं थे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक दो हजार उन्नीस आज राज्यसभा में पेश किया गया यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन का स्थान लेगा इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा की गृणवत्ता में सुधार लाना और इसे किफायती बनाना है इस विधेयक से देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता के चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी इसके अतिरिक्त सभी के लिए स्वास्थ्य की देखरेख को बढ़ावा और सामुदायिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे चिकित्सा शिक्षा को क्षेत्र में महान सुधार बताया उन्होंने बताया कि इस विधेयक के लागू हो जाने से चिकित्सा क्षेत्र में तीव्र विस्तार होगा और देश में गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित होगी नीट और नेक्स्ट एग्जाम के दो प्रावधान हैं देश का प्रत्येक छात्र इस परीक्षा के माध्यम से एम्स और किसी भी अन्य विकित्सा महाविद्यालय में जा सकता है

पहला वो वह अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा द्रसरा वो डॉक्टर बन जाएगा और प्रेक्टिस करने के लिए वह लाइसेंस के लिए भी पात्र हो जाएगा तीसरा छात्र को उसकी मैरिट के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश भी मिल सकेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन को आश्वस्त किया कि विधेयकों को सदन के पटल पर रखे जाने से पहले एक दिन का नोटिस दिया जायेगा उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार नियमों के अनुसार ही विधायी कार्य निपटा रही है लेकिन फिर भी सदस्यों की विंताओं को ध्यान में रखकर वे स्वयं इसपर विचार करेंगे इससे पहले कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में अचानक विघेयक पेश किए जाने के तरीके का विरोध किया उन्होंने अंतिम क्षण में विधायी कार्यों में उलटफेर करने के लिए सरकार की आलोचना की

इसके लिये योजना तैयार की जा रही है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में आयोजित भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पटरी व्यवसाइयों की प्रदेश में बडी संख्या हैं जिनके पुनर्वास को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गम्भीर है उन्होंने बताया कि पटरी व्यवसाइयों के लिये पेंशन की घो ाणा पहले ही की जा चुकी है इसके लिये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रू हो चुकी है मुख्यमंत्री ने आज ही गोरखपुर के नौसड़ में दो करोड़ छियासी लाख की लागत से बने अत्याध्रनिक बस डिपो का लोकार्पण किया इस बस डिपो से गोरखपुर से वाराणसी और प्रयागराज के लिये बसे चलायी जायेंगी